प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में शहरी बुनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया इनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो मलजल उपचार और एक नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपये है केन्द्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और करमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया श्री मोदी ने सीवान नगरपालिका और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिये साफ पानी की आपूर्ति होगी श्री मोदी ने जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखी उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास परियोजना की आधारशिला रखी इसके तहत मुजफ्फरपुर के तीन घाटों पूर्वी अखाड़ा घाट सीधी घाट और चन्द्रवाड़ा घाट का विकास किया जायेगा नदी क्षेत्र में शौचालय सूचना केन्द्र और सुविधा केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी इन सभी घाटों पर रोशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं की आधारशिला अभियंता दिवस के अवसर पर रखी जा रही है जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरैय्या की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है

चाहे काम को लेकर समपर्ण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है पिछले चार से पांच वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिये बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले एक साल में देशभर में दो करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिये गये श्री मोदी ने कहा कि आज देश में एक लाख से अधिक परिवारों तक पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति हो रही है बाईट प्रधानमंत्री बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में दो करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं आज देश में हर दिन एक लाख से ज्यादा घरों को पाईप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए छह हजार करोड़ रुपये की पचास से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवनशैली में बदलाव लायेगी गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉल्फिन परियोजना और गंगा में जैव विविधता बनाये रखने में भी बहुत मदद मिलेगी

देश में गंगा के किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवरफ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है

मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जो भी योजनाएं शुरु की जा रही हैं उन्हें समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा बाईट नीतीश कुमार बिहार में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को स समय पूरे तौर पर यहां क्रियान्वित किया जाएगा और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल आधारभूत संरचना का बिहार में बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है और भारत नेट के माध्यम से आठ हजार सात सौ तैंतालीस पंचायतों को जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में लगभग चार करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपये की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि दो हजार चौदह के बाद से मोदी सरकार बिहार के लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये विकास परियोजनाएं नागरिकों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधाएं प्रदान करेंगी जिससे बिहार के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा सुधार आएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दे दी है मंत्रिमंडल ने इसमें निदेशक के पद की भी मंजूरी दी है

इस संस्थान के अस्पताल में सात सौ पचास बिस्तर होंगे इस का निर्माण चार वर्षों में एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में कम से कम छब्बीस लोगों की मौत हो गयी वैशाली में चार रोहतास भोजपुर गोपालगंज और सारण में दो दो लोगों की मौत की खबर है वहीं पटना अररिया सुपौल कैमूर शेखपुरा और बेगूसराय में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है अन्य जिलों से भी वज्रपात की घटना में लोगों के मारे जाने की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये देने का निर्देश दिया है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक तैयबपुर और ठाकुरगंज में पन्द्रह पन्द्रह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश जबकि दक्षिण बिहार में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने और बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की अपील की है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव में कोविड उन्नीस से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालने करने का निर्देश दिया है आज निर्वाचन आयोग की टीम ने भागलपुर और बोध गया में कटिहार किशनगंज पूर्णिया गया नवादा और औरंगाबाद सहित उन्नीस जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में कोरोना और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया

टीम ने चुनाव के दौरन सुरक्षा बलों की तैनाती धन बल के दुरूपयोग को रोकने कमजोर वर्ग के मतदाताओं की हितों की रक्षा और चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये साथ ही दिव्यांग और बुजूर्ग मतदाता सहित सामान्य मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया दल के अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों पर जनसुविधाओं की स्थिति की भी समीक्षा की आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता दिल्ली लौटने से पहले निर्वाचन आयोग के दल की पटना में मुख्य सचिव और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई चुनाव आयोग की टीम ने कल मुजफ्फरपुर और पटना में बैठकें की थीं इस टीम में उपनिर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल थे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से तेरह प्रतिशत अधिक है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार पांच सौ चौदह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख छियालीस हजार पांच सौ तैंतीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में पांच लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ छत्तीस हो गया है दूसरी तरफ आज कोविड उन्नीस के एक हजार पांच सौ पचहत्तर नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इकसठ हजार एक सौ एक हो गयी है आज सबसे अधिक एक सौ तिरासी मामले पटना से सामने आये हैं सुपौल से एक सौ पूर्णिया से सतहत्तर अररिया से पचहत्तर बेगूसराय और नालंदा से बहत्तर बहत्तर मुजफ्फरपुर से संतावन तथा पूर्वी चंपारण और कटिहार से तिरपन तिरपन मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले पाये गये हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस की तत्परता से दोनों नेताओं को सुरक्षित बचा लिया गया

केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर गुमराह करने वाली है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकूर ने आज दरभंगा में रेलवे की एक सौ अड़तालीस करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया इन योजनाओं में दरभंगा थलवारा रेलखंड का दोहरीकरण लहेरियासराय तथा थलवारा स्टेशन पर बने नये भवन समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं

यह दिन भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और उन्नत तकनीक के विकास में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है

संस्थान में एम॰बी॰बी॰एस॰ की एक सौ और बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग की साठ सीटें होंगी